पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी

राज्य के किसी भी कोने से चौबीसों घंटे पुलिस को की जा सकेगी शिकायत

उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मामलों में आरोपी नेताओं के दोषी ठहराए जाने से पहले उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया हालांकि शीर्ष न्यायालय ने इसके लिए एक दिशा निर्देश जारी किया प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नामांकन के बाद कम से कम तीन बार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए उनके आपराधिक रिकॉर्ड का प्रचार करें पीठ ने कहा कि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी पार्टी की वेबसाइट पर डालें शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इस पर कानून बनाने का वक्त आ गया है ताकि आपराधिक रिकॉर्ड वालों को सदन में जाने से रोका जा सके पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन के बीच हड़ताल समाप्त करने को लेकर बातचीत विफल हो गयी है जिसके कारण आज दूसरे दिन भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है हड़ताल के कारण ओपीडी व्यवस्था ठप हो जाने से दूर दराज से पहुंच रहे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हड़ताल के कारण अब तक अठारह मरीजों की मौत हो गयी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने डॉक्टरों से लोगों के हित में हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किये जायेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यस्तर पर डायल हंड्रेड योजना की शुरूआत की अब दूरभाष नम्बर एक शून्य शून्य पर फोन करके चौबीसों घंटे राज्य के किसी भी कोने से पुलिस से मदद मांगी जा सकती है इसके लिए मुख्यालय स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है फोन रिसिव करने के लिए एक शिफ्ट में सत्तर पुलिसकर्मी उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फोन नम्बर पर कॉल आने के बाद पुलिसकर्मियों को पच्चीस मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंचना होगा उन्होंने स्वीकार किया कि जमीन से जुड़े विवादों की वजह से प्रदेश में हत्या की घटनाएं बढ़ रही है उन्होंने कहा कि साठ प्रतिशत आपराधिक मामलों के पीछे जमीन विवाद की वजह रहती है श्री कुमार ने इस बात पर भी चिंता जतायी कि जिलों में डीएम और एसपी के बीच तालमेल नहीं रहने से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है उन्होंने कहा कि डायल हंड्रेड पर मिली सूचना के आधार पर तेजी से कार्रवाई की जा सके इसके लिए प्रत्येक थानों में दो दो नई गाड़ियां दी जायेगी केन्द्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने आज पटना में कहा कि लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम एमएसई क्षेत्र में हर वर्ष दो करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन कर रही है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रदेश में बंद पड़ी चीनी मिलों की बाईस सौ एकड़ जमीन जल्द ही उद्योग विभाग को सौंप दी जायेगी उन्होंने कहा कि इसके बाद उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए विभाग जमीन दे सकेगा पटना में भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बारह हजार करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव अब तक आये हैं इनमें से छिहत्तर उद्योग लग चुके हैं जबकि आठ सौ अस्सी प्रस्तावों को प्रथम चरण की स्वीकृति मिल गयी है पटना मेट्रो का निर्माण कार्य जल्द शुरु हो जायेगा राज्य कैबिनेट ने आज अहम बैठक में पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दे दी साथ ही निर्माण कार्य के लिए दो हजार करोड़ रुपए की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है निर्माण कार्य दो चरणों में पूरा किया जायेगा इसके साथ ही नगर निकाय और निकाय निर्वाचित सदस्यों की मृत्यु हो जाने पर आश्रितों को पांच लाख रूपये का सहायता अनुदान देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है कैबिनेट ने संबंधित जिलाधिकारी को मुआवजा राशि जारी करने का अधिकार दे दिया है

बेगूसराय जिले में मंझौल की अनुमंडलीय अदालत ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा के नाम गैर जमानती वारंट जारी किए हैं अपने घर में अवैध रुप से कारतूस रखने के मामले में अदालत ने चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ वारंट जारी किया गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की जांच कर रही है सीबीआई ने पिछले दिनों चंद्रशेखर वर्मा के घर पर छापेमारी की थी इस दौरान पचास अवैध कारतूस बरामद किये गये थे पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने कहा है कि चंद्रशेखर वर्मा की धरपकड़ के लिए लगातार विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस कार्यक्रम की अड़तालीसवीं कड़ी होगी श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा इस महीने की छब्बीस तारीख तक फोन लाइनें खुली रहेंगी प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव देने के लिए श्रोता एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एसएमएस से प्राप्त लिंक पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने आज नई दिल्ली में इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किये भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और भारोत्तोलन में विश्वचौम्पियन मीराबाई चानू को देश के सर्वोच्च राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया बिहार निवासी और देश की प्रसिद्ध निशानेबाज श्रेयसी सिंह समेत देश के बीस खिलाड़ियों को अर्जुन प्रस्कार दिया गया इसके साथ ही आठ प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य और चार खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार भी प्रदान किये गए भाजपा के प्रदेश प्रभारी और सांसद भूपेन्द्र यादव ने आज कहा कि विपक्ष झूठ और भीड़ तंत्र की राजनीति कर रहा है श्री यादव ने पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से केन्द्र सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी जन जन तक पहुंचाकर विपक्ष के झूठे प्रचार का पर्दाफाश करने की अपील की इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से एनडीए सरकार ने बाईस करोड़ परिवारों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाया है भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भाजपा की विचारधारा के सूत्रधार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज प्रदेश में उल्लासपूर्वक मनायी गयी पच्चीस सितंबर उन्नीस सौ सोलह को मथुरा के नगला चंद्रभान गांव में उनका जन्म हुआ था पटना में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बिहार भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रसेवा में दीन दयाल उपाध्याय के योगदानों को याद कर उन्हे श्रद्धांजलि दी पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में आज एक निजी स्कूल के भवन की छत गिर जाने से एक बच्चे की मौत हो गयी और बारह अन्य बच्चे घायल हो गये बताया जाता है कि स्कूल भवन काफी जर्जर था घटना के समय बच्चे पढ़ाई कर रहे थे हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गयी इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने बेतिया में सड़क जाम कर कई घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर गहरा शोक जताया है नालंदा और भागलपूर जिले में अलग अलग घटनाओं में नदियों में ड्बकर सात लोगों की मौत हो गयी पुलिस सूत्रों ने बताया कि नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र अतंर्गत पेशौर गांव में गोइठवा नदी में डूबने से चार बच्चों की मौत हो गई बताया जा रहा है कि बच्चे नदी में स्नान करने गये थे तभी हादसा हुआ वहीं भागलपुर जिले के कहलगांव नारायणपुर और अकबरनगर इलाके के अलग अलग नदियों में ड्रबने से तीन लोगों की मौत हो गयी पश्चिम चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर नरकटियागंज इलाके से एसएसबी के जवानों ने पन्द्रह किलोग्राम गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है वैशाली जिले के जनदाहा थाना क्षेत्र के सोहरथी गांव के पास अज्ञात अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी से लगभग पांच लाख रुपये मूल्य की संपत्ति लूट ली खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र से पूलिस ने एक कार से आठ सौ पचास पाउच देशी शराब बरामद की है वहीं शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र स्थित अंबा कोठी इलाके से पुलिस ने एक वाहन पर लदी पच्चीस सौ बोतल विदेशी शराब जब्त की है

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी

राज्य के किसी भी कोने से चौबीसों घंटे पुलिस को की जा सकेगी शिकायत